कहा देश को पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर का बनाना बिल्कुल संभव है आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

फाई ट्रीलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है इसकी एक दिशा बजट में हमनें दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया है और देश को ये भी विश्वास दिया गया है कि पांच साल एक सरकार एक कन्टीन्यूटी में है ये भी विश्वास दिया है कि आने वाले दस साल के विजन के साथ मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की क्षमता पर संदेह करने वाले कुछ लोगों ने कहा था कि यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा से निराशावादी रहे हैं श्री मोदी ने दो हजार उन्नीस बीस के केन्द्रीय बजट और आगामी वर्षों में भारत के विकास पथ के बारे में अपने विचार साझा किये संघीय बजट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया भारत बनाने के बिल्कुल करीब हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की

इस आशा के साथ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं प्रदेश भाजपा द्वारा भी आज से पार्टी सदस्यता अभियान की शुरूआत की गयी पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार पिछले साल की तूलना में बीस प्रतिशत अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता सात दिन सदस्यता अभियान के लिये निकलेंगे और समाज के हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे जिला मूख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पार्टी नेताओं द्वारा इस अभियान की शुरूआत की गयी बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना ग्रामीण में रामकपाल यादव म्रजफ्फरपूर में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा सासाराम में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष निवेदिता सिंह अरवल में पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सदस्यता अभियान की शुरूआत की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत में आज श्री गांधी ने आत्मसमर्पण किया राहल गांधी के सशरीर उपस्थित होने के बाद अदालत ने उनके अधिवक्ता की ओर से दायर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया अदालत ने श्री गांधी को दस हजार रूपये के निजी मुचलके के साथ ही इतनी ही राशि के दो जमानतदारों का बॉण्ड पेपर दाखिल करने के बाद जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के विरूद्ध मोदी उपनाम वालों पर जानबूझकर अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला दर्ज कराया था बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने आरोप लगाया कि देश में जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी के विरूद्ध आवाज उठाता है तो उसके साथ बदले की भावना से काम किया जाता है राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही आगामी विधान सभा चूनाव लड़ा जायेगा उन्होंने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही राजद की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे श्री पूर्वे ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने के लिये बूथ और पंचायत स्तर पर अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि अगले महीने की नौ तारीख से पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान चलाया जायेगा बजट में सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर दो दो रुपये शुल्क बढ़ाने से इनकी कीमत में लगभग ढाई रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गयी है पटना में पेट्रोल दो रूपये चौंतीस पैसे मंहगा होकर छिहत्तर रूपये संतानवे पैसे प्रति लीटर और डीजल उनहत्तर रूपये बानवे पैसे प्रति लीटर हो गया है कल पेश किये गये आम बजट में पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में एक रुपये और सड़क तथा ढांचागत उपकर में एक रुपये की बढ़ोतरी की गयी थी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पटना समस्तीपुर रोहतास सीवान और कैमूर जिले में पथ निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिये छत्तीस करोड़ इकतालीस लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं उन्होंने बताया कि इस राशि से बारह किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा मुजफ्फरपुर में आज से जल संचय अभियान की शुरूआत की गयी राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तीन पोखरिया और ब्रह्मपुरा पोखर के जीर्णाद्वार और सौंदर्यीकरण की शुरूआत की गया जिले में जल शक्ति अभियान के तहत बीस लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने मानपुर में आयोजित पौधा रोपण कार्यक्रम में कहा कि पर्यावरण और जल संरक्षण के लिये समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा उन्होंने छात्र छात्राओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मॉनसून का सिस्टम मजबूत हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक तेरह दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी थल सेना के दानापुर भर्ती कार्यालय ने पटना बक्सर भोजपुर सीवान सारण गोपालगंज और वैशाली जिले के स्थायी निवासियों से सेना में भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं आवेदन की प्रक्रिया चार जुलाई से शुरू हो गयी है अभ्यर्थी सत्रह अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बहाली की प्रक्रिया दो से पंद्रह सितंबर तक दानापुर में आयोजित की जायेगी सीपीआई के राष्ट्रीय सचिवमंडल के सदस्य शमीम फैजी का कल निधन हो गया वे तिहत्तर वर्ष के थे उनके निधन पर पार्टी नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है अररिया जिले के आरएस चौकी क्षेत्र के गिदरिया के पास पुलिस ने एक सौ लीटर से अधिक शराब बरामद की है मौके से दो चरपहिया वाहन भी जब्त किया गया है वहीं बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ग्यारह लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है इधर भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पचासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के परसरमा चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के साइकिल दुकान में घुस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लगभग डेढ़ लाख रूपये लूट लिये विरोध करने पर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की बक्सर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से रिश्वत लेने के आरोप में दो आवास सहायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल लुटेरा गिरोह के तीन सदस्यों को लूट की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी गुड्डू खान को गिरफ्तार किया है उसके पास से हथियार भी बरामद किये गये हैं

कहा देश को पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा